सीबीआई ने श्री चिदम्बरम के वित्तमंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की मंजूरी देने के दौरान अनियमितता के आरोप संबंधी इस मामले में पुछताछ के लिए पांच दिन की हिरासत की मांग की थी उधर श्री चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर भोपाल में सीबीआई कार्यालय के बाहर केन्द्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया गिरफ्तार पाकिस्तान के हैण्डलर से संपर्क रखने और उनके निर्देशों पर फर्जी बैंक खातों के जरिए पैसों के लेन देन करने के मामले में राज्य पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस ने सतना जिले से आज तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस मुख्यालय के अनुसार खबर मिली थी कि सुनील सिंह श्भम मिश्रा और बलराम सिंह द्वारा पाकिस्तान के कई फोन नंबरों से संपर्क कर बडी धनराशि कॉ लेन देन किया जा रहा है जांच में ये भी पता चला कि तीनो आरोपी और उनके साथियों ने संगठित होकर पाकिस्तानी एजेण्टों को बैंक अकाउण्ट और एटीएम कार्ड की जानकारी और पैसा भेजा है जो कि पहले भी योजनाबद्व तरीके से सामरिक महत्व की जानकारियां एकत्रित कर रहे थे पुलिस को आशंका है कि पाकिस्तान के हैण्डलरों द्वारा एकत्रित जानकारी का उपयोग भारत के विरुद्ध किया जा रहा है

मोदी फ़ांसयात्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज तीन देशों फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की यात्रा के पहले चरण में फ़ांस के लिए रवाना हो गये इससे पहले एक बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि फ़ांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैकॉ और प्रधानमंत्री फिलिप से बातचीत के लिए उत्सुक हैं उन्होने कहा कि वे फांस में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगें और एक स्मारक का उदघाटन करेंगे गडकरी घोषणा सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि इस वर्ष दिसंबर से सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जायेंगे फास्टैग प्रणाली में टोल प्लाजा पर टैक्स का भुगतान इलेक्ट्रानिक तरीके से कर दिया जाता है इससे फास्टैगयुक्त वाहन सभी राष्ट्रीय राजमार्गो पर बने टोल प्लाजा पर बनी विशेष लेन से बिना रुके गुजर सकेंगे किशोर अपराध सागर के किशोर न्यायालय से आज तीन बच्चे दीवार के ट्रटी होने का फायदा उठाकर भाग गये पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तीनो बच्चे जानलेवा हमला और अपहरण के मामले में यहां कैद थे किशोर न्यायालय में शौचालय का काम चल रहा था जिसके चलते दीवार ट्रटी थी उसी का फायदा उठाकर तीन बच्चे भाग गये पुलिस इन बाल अपराधियों की तलाश कर रही है

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इन आवासीय विद्यालयों में कंप्युटर लैब और स्मार्ट क्लास बनाई जा रही हैं इससे प्रदेशभर में नौ हजार पांच सौ विद्यार्थियों को फायदा होगा इस परियोजना के लिए सात करोड़ छब्बीस लाख रुपये मंजूर किये गये हैं मंत्री निरीक्षण महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने ग्वालियर जिले के घाटीगांव और भितरवार क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में आज निरीक्षण के दौरान एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर हटा दिया

देश के भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों की है आज राजभवन में शासकीय विश्वविद्यालयों के कलपतियों से चर्चा करते हए राज्यपाल ने कहा कि शैक्षणिक गृणवत्ता के लिए समयसीमा तय कर रिक्त पदोँ की पूर्ति स्वच्छ और ँहरा भरा परिसर विकसित करने समुद्ध पुस्तकालय और आध्निक प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की जायें उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की कार्य संस्कृति परिणाममुलक होना चाहिये संसाधनों का अभाव बताकर परिणाम नहीं देने की प्रवृत्ति को बदलें

जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल प्रदेश भर में धूम धाम के साथ मनाया जायेगा

इस अवसर पर विभिन्न मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है मटकी फोड प्रतियोगितायें भी आयोजित की जायेंगी साथ ही आगामी गणेश चतुर्थी अनंत चतुर्दशी और मोहर्रम त्यौहारों की भी तैयारियां की जा रही हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर प्रदेशवासियों को बधाई और श्भकामनायें दी है उन्होंने अपने श्भकामना संदेश में कहा है कि भगवान श्रीकष्ण सत्य न्याय और धर्म के रक्षक हैं उनकी दिव्य वाणी और अद्भुत लीलाओं से प्रेरणा लेकर सत्य न्याय और धर्म का साथ देने का संकल्प लें वहीं जन्माष्टमी सहित आने वाले अन्य त्यौहारों को देखते हुए महानिदेशक गुप्तवार्ता कैलाश मकवाना ने संवेदनशील और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिये हैं खासतौर पर मध्यप्रदेश से अन्य राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर वाहनों आदि की तलाशी की व्यवस्था चुस्त करने को कहा गया है हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहाड़ पर स्थित राम जानकी मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व परंपरागत तौर से मनाया जायेगा होशंगाबाद में शनिवार को जन्माष्टमी मनाई जायेगी

रीवा की जसविता शुक्ला टॉपर रही सिविल जज की परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में इंदौर जिला अदालत में डायवर का पुत्र चेतन बजाद भी शामिल है चेतन का कहना है कि उनके दादा इसी अदालत में चौकीदार थे उन्होंने कहा कि सिविल जज की परीक्षा पास करके उसने अपने पिता के सपनो को पूरा किया है मौसम राजधानी सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में वर्षा का दौर जारी है पिछले चौबीस घंटो के दौरान सागर और जबलपुर संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों और भोपाल होशंगाबाद और शहडोल संभागों के जिलों में अनेक रथानों पर वर्षा हई प्रदेश के अजयगढ़ पाटन खजुराहो पन्ना लहार कोलारस और राजनगर में पांच सेण्टीमीटर वारिश दर्ज की गई उमरिया जिले में चार दिनों से हो रही लगातार बारिश से तालाबों का जलस्तर बढ़ गया है दमोह में सभी नदियां उफान पर हैं शाजापुर जिले में लगातार हो रही बारिश से फसलों को नुकसान होने के समाचार हैं इसको लेकर आज शाजापुर देवास के सांसद महेन्द्र सिंह सोलंकी ने जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए किसानो को मुआवजा राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया

आज भरुआ गांव में टैक्टर के पलटने से उसमे सवार पति पत्नि की मौत हो गई जबकि कल ब्यौहारी में हुए हादसे में दो युवकों ने दम तोडा